प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती देने के लिए गति और दायरा बढ़ाना होगा प्रधानमंत्री उत्पादन से जुडी प्रोत्सा हन योजना पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डी पी आई आई टी तथा नीति आयोग के वेबिनार को सम्बोधित कर रहे थे

चाईबासा में कल हुए नक्सली हमले में मारे गए पलामू दुमका और गोड्डा के शहीद जवानों का अंतिम संस्कार आज उनके पैतुक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया पलामू में शहीद हरिद्वार शाह का कोयल नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया वहीं सिमडेगा में शहीद कांस्टेबल किरण सुरीन को भी अंतिम विदाई दी गई इस मौके पर अधिकारी समेत कई राजनेता व हजारों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि कोई भी मतदाता अब अपने मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप पर ई एपिक पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकता है यह इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यो में मतदाता के पहचान पत्र के रूप में पूरे देश में मान्य होगा बशर्ते व्यक्ति का नाम किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गुरुवार को मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे में जाने पर भी मतदाता के इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र में जरूरी संशोधन हो जाएगा और वह पुनः इसे डाउनलोड कर उपयोग में ला सकता है

इन संस्थानों में विषयवार रैंकिंग में स्थान हासिल किया है ये हैं आईआईटी बम्बई दिल्ली मद्रास खड़गपुर गुवाहाटी और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरू तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान बंगलोर और अहमदाबाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अन्ना यूनिवर्सिटी दिल्ली विश्व विद्यालय और ओ पी जिन्दल यूनिवर्सिटी

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने तीन दिवसीय पूर्वी क्षेत्र प्रादेशिक कृषि मेला एवं एग्रोटेक किसान मेला का उद्घाटन किया इस मेले में पड़ोसी तीन राज्यों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं इस मौके पर विश्वविद्यालय के क्लपति डॉ ओमकार नाथ सिंह ने किसानों कृषक महिलाओं एवं युवा उद्यमियों को उन्नत कृषि पशुपालन वानिकी खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन तथा घरेलू एवं अन्य कुटीर उद्योगों सें संबंधित आधुनिक तकनीकों की जानकारी साझा की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि किसानों को विश्वविद्यालयों द्वारा नई तकनीकी सुविधाओं से मिल रहे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान रिम्स के निदेशक ने लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट सौंपी और जेल आईजी ने भी एसओपी प्रस्तुत किया सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया है

परंतु विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यसंचालन नियमावली का हवाला देते हुए प्रश्नकाल खत्म हो जाने पर स्थगन प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति देने की मांग की लेकिन विपक्षी सदस्य तत्काल कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग करने लगे और नारेबाजी करते हुए वेल में आ गये

इससे पहले भाजपा विधायकों ने सभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले विधानसभा के मुख्य द्वार पर भी प्रदर्शन किया

जबकि रांची में एक मरीज की मौत हुई

इसके बाद राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बीस हजार एक सौ उनतीस हो गई है इनमें आठ सौ छियासी सक्रिय केस हैं जबकि अब तक एक लाख अठारह हजार पांच सौ बावन लोग ठीक हुए हैं

कोरोना का टीका ले चुके लोगों ने बताया कि यह टीका कोरोना के बढ़ते प्रभाव की रोकथाम में मील का पत्थर साबित हो रहा है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रंजीत कुमार ने बताया कि आमलोग टीकाकरण केंद्र पर टीका लेने के लिए आ रहे हैं और यहां सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है

रांची स्थित वॉर मेमोरियल से स्वर्णिम विजय मशाल को आज कोलकाता के लिए रवाना किया गया इस मौके पर वॉर मेमोरियल में एक समारोह का आयोजन किया गया जैसा कि आपको मालूम है भारतीय सेना स्वर्णिम विजय वर्ष मना रही है जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष उन्नीस सौ इकहतर में हुए युद्ध में जीत का जश्न मना रहा है दिल्ली से सोलह दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के चारो दिशाओ में मशाल भेजा है अलग अलग दिशा में भेजे गए मशाल को विभिन्न राज्यों के वॉर मेमोरियल में पहुंचाया जा रहा है यूनिसेफ और निमित्त संस्था की ओर से गुरुवार को पुराने विधानसभा परिसर स्थित सभागार में सदस्यों के लिए एक संगोष्ठी जिसका विषय बच्चों के पोषण का आयोजन किया गया इस संगोष्ठी में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो शामिल हुए मौके पर विधायक बंधु तिर्की उमाशंकर सिंह अकेला विनोद सिंह नवीन जयसवाल अंबा प्रसाद सहित अन्य विधायक मौजूद थे अहमदाबाद में नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्टे मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक पहली पारी में चार विकेट पर छियानबे बना लिए हैं

रविचन्द्रनन अश्विन ने तीन और मोहम्मएद सिराज ने दो विकेट लिए भारतीय टीम अगर यह मैच जीतती है या ड्रा कराती है तो विश्व टेस्ट चौम्पियनशिप फाइनल के उद्घाटन मैच में उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा